संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया

यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे मगर गरिमामय समारोह में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्र का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली तथा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे

कृषि मंत्री रामलाल मारकंटा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से लाहौल के लिए विशेष पैकेज की मांग की है मारकंडा ने बताया कि लाहल में किसानों को मुफ़त बीज और पश्ओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा है वे कुल्लू के ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के समापन समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐशियन और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में वृद्धि की गई है

ये बात ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कवर ने ऊना जिला के बंगाणा में पात्र परिवारों को बकरियों का वितरण करते हुए कही

सम्मेलन में करीब एक दर्जन हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री कृषि के माध्यम से हिमालयी लोगों की भावी पीढ़ी के कल्याण विषय पर चर्चा करेंगे

इस दौरान पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रमुख सचिव आरडीधीमान ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत और सतत पर्यटन विषयों पर भी विभिन्न राज्य प्रस्तुति देंगे सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए समाज से आगे आने का आहवान किया

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सचेत होकर काम करने पर बल दिया

वीरेन्द्र कश्यप प्रदेश के विभिन्न मेले उत्सव और त्यौहार युवा पीढ़ी को लोकाचार के साथ साथ अपनी संस्कृति की शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और युवा पीढ़ी को इनकी जानकारी देना बेहद जरूरी है